महामारी से अब तक दो सौ एक लोगों की मौत

और प्रदेश में आठ जिलों की डेढ़ सौ पंचायतें बाढ़ की चपेट में

प्रदेश में कोविड उन्नीस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिये कल एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम बिहार दौरे पर आयेगी टीम का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल करेंगे इस टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एस के सिंह और दिल्ली एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल शामिल रहेंगे यह टीम राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति और इससे निपटने के किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा करेगी और सरकार को सुझाव देगी इधर केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोनों सरकारों ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कदम उठाए हैं श्री चौबे ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार की स्थिति को लेकर चर्चा की है अधिकारियों को कोविड उन्नीस जांच संक्रमण क्षेत्रों और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में महामारी के नियंत्रण को लेकर बिहार सरकार को मदद देने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर पच्चीस हजार के आस पास पहुंच गयी है स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में सोलह सौ सड़सठ नये मामलों की पुष्टि की है विभाग की ओर से जारी ब्रलेटिन के अनुसार संक्रमितों का आंकडा बढ़कर चौबीस हजार नौ सौ सडसठ तक पहुंच गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक एक सौ सैंतीस नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं मुजफ्फरपुर में पच्चासी नये मामले सामने आये हैं नालंदा रोहतास भागलपुर सारण और पश्चिम चंपारण ऐसे जिले हैं जहां संक्रमण के चालीस से अधिक मामले सामने आये हैं मध्रबनी में सात और दरभंगा में कोविड उन्नीस के छह नये मामले सामने आयें हैं इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य में कोरोना से दो सौ एक लोगों की मृत्यू की प्रष्टि की है मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार लोगों की कोविड उन्नीस महामारी से मृत्यु हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में सात सौ चौहत्तर मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी अब तक जितने लोग संक्रमित हुये हैं उनमें से पन्द्रह हजार सात सौ इकहत्तर लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गयी है शेखपुरा जिले के सदर अस्पताल में दो चिकित्सक और कई अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित पाये जाने के बाद ओपीडी सेवा बंद कर दी गयी है सदर अस्पताल में केवल इमरजेंसी सेवा ही चालू रहेगी जिले में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की एक शाखा में प्रबंधक के पॉजिटिव पाये जाने के बाद बैंक में काम काज बंद कर दिया गया है इधर मुंगेर से हमारे संवादाता ने बताया है कि सदर अस्पताल और निजी नर्सिंग होम के तीन चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं इसके बाद शहर के अधिकांश नर्सिंग होम और क्लिनिक बंद हो गये हैं जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं कटिहार जिले के सदर अस्पताल परिसर में कोरोना संक्रमण ट्रूनेट जांच केंद्र के चौदह स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं इस घटना के बाद फिलहाल जांच कार्य को रोक दिया गया है वहीं कटिहार रेलवे स्टेशन पर बीस कोच वाली ट्रेन को आईसोलेशन केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है और इसे जिला प्रशासन को सुपूर्द किया गया है इसमें कोविड उन्नीस के इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी देश में कोविड उन्नीस संक्रमण से छह लाख तिरपन हजार सात सौ इक्यावन मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस तरह स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत बासठ दशमलव नौ तीन तक पहुंच गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में चौंतीस हजार आठ सौ चौरासी लोग स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या दस लाख अड़तीस हजार सात सौ सोलह हो गई है देश में अब तक कोरोना संक्रमण से छब्बीस हजार दो सौ तिहत्तर लोगों की मौत हो चुकी है बिहार पश्चिम बंगाल असम और ओडिसा में कोविड उन्नीस मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके फैलाव को रोकने के लिए प्रयास और तेज करने को कहा है मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि जहां जहां प्रतिबंध लगाये गये हैं तथा कंटेनमेंट और बफर जोन बनाये गये हैं उन इलाकों में निगरानी और रोकथाम के लिए विशेष उपाय किये जाने चाहिए मंत्रालय ने संक्रमण का जल्द पता लगाने और मृत्यु दर कम करने पर भी बल दिया है राज्यों के प्रधान स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि महामारी के कम से कम अस्सी प्रतिशत नये मामलों में रोगियों के संपर्क में आये लागों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें बहत्तर घंटे के भीतर क्वारेंटीन किया जाना चाहिए केन्द्र सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड महामारी के दौरान खरीदारी के लिए बाजार जाने से संबंधित नये नियमों का पालन करें ताकि वे इस संक्रमण से सुरक्षित रह सकें कोविड संबंधित उचित व्यवहार के बारे में एक ट्वीट में लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से बाजार जाते समय मास्क जरूर लगाए रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें बाईट आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाहर जाते समय जो न्यू नार्मल हैंडसेनेटाइजर का प्रयोग और चेहरों को न छूए जाने जैसी सावधानियां शामिल हैं

प्रत्येक व्यक्ति को अपना थैला ले जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इसका संपर्क सतह से कम हो वहीं मोबाइल और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके लोगों को जरूरत के अनुसार ही सामान खरीदना चाहिए न कि उनका भंडारण करना चाहिए दुकानों पर हमेशा लोगों को सामाजिक दूरी का ध्यान रखना चाहिए और भुगतान करने के लिए उन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे एक दूसरे से संपर्क न हो सुपर्णा सेकिया के साथ आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली पटना शहरी क्षेत्र में पच्चीस स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड उन्नीस के रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गयी है यह जांच बिना किसी शुल्क के होगी जिलाधिकारी कुमार रवि ने आज मोबाईल टीम द्वारा शहर में जांच सुविधा की भी शुरूआत की इसके तहत पांच विशेषज्ञों की टीम प्रभावित क्षेत्रों में कोरोना के सैम्पल संग्रह करेगी विशेष जानकारी जिला चिकित्सा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो चार नौ नौ छह चार से प्राप्त की जा सकती है इधर दरभंगा शहर में भी जिला प्रशासन ने तेरह स्थानों पर मुफ्त कोविड उन्नीस जांच की शुरूआत की है कल से आम लोग दिन के ग्यारह बजे से जांच के लिए सैम्पल दे सकते हैं प्रदेश में लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है इस दौरान पूरे राज्य में बिना मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है आज बिना मास्क के बाहर निकलने पर लगभग तीन लाख अस्सी हजार जुर्माना वसूल किया गया है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जुलाई से अब तक नियमों के उल्लंघन के आरोप में आठ लोगों की गिरफ्तारी की गयी है जबकि तेरह हजार वाहनों को जब्त किया गया है इनसे तीन करोड़ बाईस लाख रूपये से अधिक का अर्थदंड भी वसूला गया है मौसम विभाग ने आज से अगले बहत्तर घंटों तक नेपाल के तराई से सटे जिलों और उत्तर बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार बीस जुलाई तक राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार पटेल ने भारी बारिश और वजपात को लेकर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है

प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक एक सौ अस्सी मिलीमीटर बारिश सुपौल जिले के वीरपुर और किशनगंज जिले के तैयबपुर में रिकॉर्ड की गयी है इधर मौसम विभाग ने अगले एक से दो घंटों के दौरान गोपालगंज सीवान पूर्वी चम्पारण सीतामढ़ी नालंदा और शेखपुरा जिले में तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है वहीं गया जिले के बेला टिकारी मोहनपुर वजीरगंज टनकुप्पा परैया मोहरा और नवादा जिले के मेस्कौर प्रखंड में भी वज़पात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सलाह दी है कि आकाशीय बिजली की चमक के दौरान घरों से बाहर होने की स्थिति में लोग पेड़ों के नीचे न रहें उन्होंने सलाह दी कि घरों या इमारतों में रहना सुरक्षित है परंतु टीन और धातु की छतों के नीचे आश्रय लेने से बचा जाए बिजली गिरने की संभावना के समय खूले में होने की स्थिति में लोगों को दुबक कर बैठ जाना चाहिए उन्हें उस समय लेटना नहीं चाहिए इस दौरान मोबाईल फोन का उपयोग करने से भी बचना चाहिए प्रदेश में आठ जिलों के तीस प्रखंडों में पौने तीन लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार दरभंगा सीतामढ़ी सुपौल शिवहर किशनगंज पूर्वी चम्पारण गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जिलों के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है इससे डेढ़ सौ पंचायत प्रभावित है वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा दस हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है सबसे अधिक लगभग बारह सौ बाढ़ राहत शिविर दरभंगा और नौ सौ शिविर गोपालगंज जिले में बनाये गये हैं सबसे अधिक सीतामढ़ी और सुपौल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं इन दोनों जिलों के दस प्रखंडों की इकसठ पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुई हैं केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया जिले के बलतारा में अब भी खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बना हुआ है वहीं महानंदा नदी पूर्णियां जिले के ढ़ेंगराघाट किशनगंज जिले के तैयबपुर और कटिहार जिले के झौवा में लाल निशान के ऊपर बना हुआ है परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से पचास सेंटीमीटर ऊपर बह रही है इधर अधवारा समूह की नदी का जलस्तर दरभंगा जिले के एकमी घाट में तीस सेंटीमीटर से ऊपर है वहीं बागमती नदी दरभंगा जिले के हायाघाट और मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर बह रही है नदी का जलस्तर आज सीतामढ़ी जिले के कटौंझा में लाल निशान से एक मीटर ऊपर बना हुआ है बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर भी कई स्थानों पर तेजी से बढ़ा है समस्तीपुर रोसड़ा और खगड़िया में नदी का जलस्तर लाल निशान के आस पास बना हुआ है इधर गंगा नदी का जलस्तर भागलपुर में खतरे के निशान से बीस सेंटीमीटर नीचे रिकॉर्ड किया गया नदी का जलस्तर पटना बक्सर और मुंगेर जिले में विभिन्न स्थानों पर स्थिर बना हुआ है दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में दरभंगा शहर सहित बहाद्रपूर केवटी और सिंघवाड़ा प्रखंड के कई नये इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है जिले में डेढ़ लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुये है औरंगाबाद पूलिस ने छापेमारी कर नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है इस आपराधिक संगठन के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर पचास लाख रूपये मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किये गये हैं पूर्वी चम्पारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक गांजा बरामद किया है समस्तीपुर जिले की पुलिस ने खानपुर थाना क्षेत्र से पिछले दिनों ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालकों से आठ लाख रूपये लूट के मामले में तीन अपराधियों को लूट के पांच लाख रूपये के साथ गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र में गंगा नदी में डूबकर एक युवक की मौत हो गयी जबकि एक अन्य लापता है वहीं नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र में डूबने से एक किशोर की मौत हो गयी सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया वैशाली जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने दो सौ इक्यानवे कार्टन विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है बरामद शराब की कीमत लगभग तीस लाख रुपये बताई जा रही है वहीं नालंदा जिले के कतरीसराय थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर तैंतालीस कार्टन विदेशी शराब जब्त की है इधर अररिया जिले में पुलिस ने हड़ियाबाड़ा टोल प्लाजा के पास दो ट्रकों पर लदी शराब जब्त की है इस मामले में ड्राईवर और खलासी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है दरभंगा जिले के केवटी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार से चार सौ पचास बोलत शराब जब्त की है

महामारी से अब तक दो सौ एक लोगों की मौत

और प्रदेश में आठ जिलों की डेढ़ सौ पंचायतें बाढ़ की चपेट में